सर्वोच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को नागरिकता के मामले र फैसला आने तक उन्हें च्नाव लड़ने से अयोग्य घोषित करेन को केन्द्र सरकार और च्नाव आयोग को निर्देश देने वाली याचिका याचिका खारिज कर दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराणा प्रता को उनकी जयंती के अवसर प्रर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की एक टिवटर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि महाराणा प्रता का जीवन साहस स्वाभिमान और शौर्य है जो देश प्रेम के लिये देश वासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा हरियाणा के अम्बाला जिले में भी अनेक स्थानों र महाराणा प्रता जयंती मनाये जाने के समाचार मिले है

श्री रंजन ने कहा कि इस स्लि की सहायता से उन्हें सही शोलिंग स्टेशन शर शहंचने में सहायता मिलेगी और मतदाता सूची में वोटर का नाम होने की जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा कि किसी राजनैतिक ार्टी द्वारा मतदाताओं को वोटर स्लि बांटने की आवश्यकता नही हैं फिर भी यदि कोई शार्टी ऐसा करती है तो उसका खर्च उम्मीदवार के च्नावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा

इस स्लि र उम्मीदवार का नाम फोटो ोलिंग स्टेशन क्रमांक तथा वोटर संख्या सहित अन्य जानकारियां दी गई होगी जिसको संबंधित क्षेत्र का बीएलओ सभी घरों में हंचाना स्निश्चित करेगा

इसलिए उन्होंने सभी माताओं से इस दिन मातृभूमि के लिए अधिक से अधिक मतदान करने और द्रसरों को मतदान करने के लिये भी प्रोरित करने की अपील की है श्री रंजन ने कहा कि मतदान में भाग लेना भी मात्रभूमि की सेवा है उन्होंने कहा कि प्रदेश के च्नाव को शान्तिपूर्वक सम् न्न करवाने के लिए स्रक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज सिरसा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये रफाल का मुददा उठाया उन्होंने आरो लगाया कि रफाल अन्बंध जानबूझकर अनिल अम्बानी के दिया गया और य्वाओं से ये अपील कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री से सवाल करे उन्होंने बेरोज़गारी का म्द्दा उठाते हये नोटबंदी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने लोगों की जेबें खाली की और जिससे उनकी क्रय शक्ति घटी जिसके चलते कई फैक्ट्रीयां बंद हई उन्होंने कहा कि न्याय योजना से सभी चीजें वापिस टड़ी र आ जायेगी और लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी के साथ रोज़गार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी उन्होंने लोगों को सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक तंवर के क्ष में वोट डालने की अपील की हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश में कई जगह र च्नावी जनसभाओं को सम्बोधित किया रोहतक में सांधला में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हये श्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा र जातिगत राजनीति के लिये प्रदेश को जलाने का आरो लगाया हडा की आलोचना करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा को कलंकित करने के साथ साथ एक विशेष समाज को बदनाम करने का काम किया

मुख्यमंत्री ने इस मौके र राजक्मार सैनी की भी आलोचनाकी और कहा िक झज्जर सोनी त व जींद को जलाने वालों को सबक सिखाना जरूरी है म्ख्यमंत्री ने कल गोहाना में भी लोकसभा प्रत्याशी रमेश कोशिक के क्ष में प्रचार करते हये भूपेन्द्र सिंह हडडा की चौधर लाने की बात पर आलोचना की थी

आज यम्नानगर व जगाधरी में प्रसिद्व फिल्मी अभिनेता व ग्रदास र से भारतीय जनता शार्टी के उम्मीदवार सनी देओल ने भाज प्रत्याशी रतन लाल कटारिया के क्ष में रोड शो और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की

इस मौके र श्री रतन लाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष कंवर ाल ग्र्जर भी साथ थे जगाधरी व यम्नानगर में लोग अ ने सदीदा अभिनेता की एक झलक शाने के बेताब दिखे उधर आज ग्रूग्राम में भाजशा विधायक उमेश अग्रवाल ने ब्दविजीवी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमे केन्द्रीय रेल मंत्री ीयूष गोयल और केबिनेट मंत्री विप्ल गोयल मौजूद थे

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवसथा खराब है और व्या ारियों के हित मे फैसले नहीं लिये जा रहे अगर उनकी ार्टी के उम्मीदवार जीते तो हरियाणा में व्या ारियों को स्रक्षा प्रदान की जायेगी उन्होंने केन्द्र सरकार की जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भी आलोचना की ांचकूला के जिला मैजिस्ट्रेट डा बलकार सिंह ने अवैद्य खनन का कड़ा संज्ञान लेते हये ंचक्ला व कालका उ मंडल में संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने और ऐसे मामलों की जानकारी मिलने र सख्त कार्रवाही करने के निर्देश दिये है उन्होंने यह निर्देश भी दिये कि टीम के सभी सदस्य सूचना तंत्र को मजबूत करके अवैध खनन की हर छोटी बड़ी गतिविधियों र ध्यान रखें और मामला ध्यान में आने प्र त्रंत कानूनी कार्रवाही अमल में लाये उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारी के क्षेत्र में अवैध खनन का मामला ध्यान में आयेगा उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाही अमल में लाई जायेगी आज यम्नानगर के खिजराबाद खंड के तिम्हो गांव के खेतों में आग लग गई हमारे संवाददाता ने बताया है कि हवा तेज़ होने र आग गांव की माजरी तक हृंच गई जिससे कई छप र औरअनजा आदि सामान जल गया वहीं आग की चप्रेट में आकर एक ग्रामीण के शांच श् झूलस गये दमकल की गाडियों को आग काबू शाने के लिये काफी म्श्क्कत करनी थड़ी लोकसभा आम चूनावों में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारनौल प्रशासन ने सभी प्रबंध प्रे कर लिए हैं इन्हीं तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप्राय्क्त डा गरिमा मित्तल ने आज इस काम के लिए गठित टीम की बैठक ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए